इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी प्रण्यतिथि पर उनके चित्र का अनावरण किया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया उन्होंने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी सुचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे श्रद्वांजलि इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रण्यतिथि पर प्रदेशभर में भी आज उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी जी को देशवार्सी हमेशा याद रखेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और देश व प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा भाजपा के शिमला स्थित राज्य मुख्यालय में संगठन मंत्री पवन राणा व अन्य पदाधिकारियों ने वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित की शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए उन्होंने वाजपेयी को भारतीय संस्कृति का सच्चा सिपाही व प्रतीक बताया पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्मल ने हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर वाजपेयी जी को श्रद्वासुमन अर्पित किए अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी उन्होंने कहा कि मिशन के तहत ईलाज में आने वाली परेशानियों को कम किया जाएगा और प्रत्येक नागरिक को एक हैल्थ आईडी दी जाएगी उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल तरीके से संवित रहेगी

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन जिले के कसौली में पौधरोपण और जोहड़जी में वन विश्राम गृह का शिलान्यास करने के बाद ये जानकारी दी

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने आज कांगड़ा ज़िला के देहरा में अधिकारियों के साथ एक बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया

बिक्रम ठाकर ने अधिकारियों को लम्बित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने प्रागपुर में जनसुनवाई भी की और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र में एक करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

उन्होंने कहा कि घूमारवीं में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि अगले वर्ष जून तक क्षेत्र के हर घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज चंबा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का दौरा किया उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया पठानिया ने भरमौर व पांगी में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की और भरमौर होली व पांगी में स्पोर्टर्स जिम खोलने की बात भी कही

वन मंत्री ने भेड़पालकों के मवेशियों के आवागमन को पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन वैब पोर्टल तैयार किया जाएगा